उन्होंने देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया

प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने दिल्ली में महामारी की स्थिति पर नियंत्रण करने में केंद्र राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रयासों की सराहना की

समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन नीति आयोग के सदस्य कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया

इस दौरान प्रदेश भर में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय एवं प्रतिष्ठान बाजार बंद है सड़कें सुनसान रहीं कई जगहों पर पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया है प्रतिबंध के पालन के लिये शहरों में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और घरों से बाहर निकले लोगों के पहचान पत्रों की जांच की जा रही है ट्रेन और हवाई यात्रा करके वापस आ रहे लोगों को अपने घरों तक जाने की छूट प्रदान की गई है धार्मिक स्थल खुले हैं उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें और सार्वजनिक परिवहन के आवागमन पर पूर्णता प्रतिबंध है इस दौरान सरकार द्वारा राज्य में तीन दिनों का विशेष व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज के दौर में स्वस्थ समाज की स्थापना के लिये नये स्तर से प्रयास करने की जरूरत है

इन सभी प्रकार के संचारी रोगों को भी प्रभावी ढंग से इसकी भी रोकथाम करना और इसकी रोकथाम करने की ही जिससे हम लोगों ने सटरडे और सन्डे दोनों का उपयोग हमने किया है क्योंकि सरकारी कार्यालय ज्यादार बंद होते है और ज्यादातर बंदी के दौरान हम लोग इस बात को ध्यान में रख करके अगर दो दिनों के लिये अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ही बंद करके लोगों को घर में रखेंगे और स्वच्छता सेनेटाइजेशन और फांगिंग का एक विशेष अभियान प्रदेश के अन्दर चला दे दूसरा सर्विलांश टीम के गठन के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग व्यवस्था रैपिड टेस्ट के माध्यम से प्रत्येक सस्पेटेक्ड केस की जांच करना और फिर कोविड हास्पिटल में उनकी व्यवस्था की गई है वहां पर उन्हें यह व्यवस्था दे सकेंगे तो काफी हद तक मृत्युदर को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है

अब दूसरे चरण में हमारा प्रयास है कि प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब और ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई जाये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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग में संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों का सैम्पल लेकर टेस्ट कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि जांच के पश्चात अस्वस्थ पाये गये लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने कानपुर नगर झांसी और मथुरा में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि झांसी में विशेष सचिव स्तर के नोडल अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संक्रमण को नियंत्रित करने की प्रभावी रणनीति तैयार करे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वस्थ समाज की स्थापना के लिये जनसंख्या का स्थिरीकरण अत्यन्त आवश्यक है जनसंख्या को नियंत्रित करके ही हम अपने बेहतर कल की कल्पना को साकार कर सकते हैं उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जनसामान्य को जागरूक किया जाना आवश्यक है

उन्होंने बताया कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं सरकार के सकारात्मक प्रयासों से इंसेफेलाइटिस सहित कई बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है

कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों से जुड़े मामलों की जांच विशेष अनुसंधान दल से कराने का निर्णय लिया गया है अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक जेरविन्द्र गौड़ विशेष अनुसंधान दल के सदस्य नामित किये गये हैं